ये दिन हर साल उपभोक्ता अधिकार और आवश्यकताओं के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं एक ट्वीट में श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकारों को पूरी तरह से संरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए हैं वहीं केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने ट्वीट कर कहा कि उपभोक्ताओं को ये अधिकार है कि उन्हें उचित मूल्य पर सही उत्पाद मिले उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि सही उत्पाद नहीं मिलने पर उपभोक्ता फोरम में शिकायत करे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी टवीट के जरिये कहा कि हमारा प्रयास उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने का होना चाहिए उन्होंने कहा कि मिलावटी खाद्य उत्पादों और धोखाधड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जानी चाहिए देशभर में लगभग तीन करोड़ लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशभर से लोगों के विचारों रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पर्यटक वाहन चालकों के लिए नई योजना की घोषणा की है इस योजना के अन्तर्गत कोई भी पर्यटक वाहन चालक अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण से परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यह अनुमति जरूरी दस्तावेज और फीस जमा करने के बाद जारी की जाएगी

यह हादसा एक तेज रफ्तार कार के मोटरसाइकिल को टक्कर मारने से हुआ इसमें मोटरसाइकिल पर सवार तीनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तीनों मृतक आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं पुलिस मामले की जांच कर रही है प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही गर्मी का असर भी बढ़ रहा है